उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा वर्तमान परिस्थितियों में सैस की दर को बढ़ाना उचित नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विकास की गति सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न भागों में विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिलाएं और लोकार्पण आरम्भ कर दिए गए हैं जयराम ठाकुर ने कहा कि केन्द्र सरकार ने इस महामारी से लड़ने के लिए प्रदेश को हर सम्भव सहायता प्रदान की है

मुख्यमंत्री ने प्रदेश से जुड़े मामलों को केन्द्रीय स्तर पर प्रभावशाली ढंग से रखने के लिए केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का आभार जताया उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्र में कार्यान्वित होने वाली परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में पूरा करने के निर्देश भी दिए इस मौके पर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली से विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में रेल लाईन नेटवर्क को सुदृढ़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं अनुराग ठाकुर ने कहा कि गगरेट क्षेत्र के लोगों ने लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्होंने उम्मीद जताई कि देश जल्द ही इस संकट की घड़ी से बाहर आ जाएगा विधायक राजेश ठाकुर ने क्षेत्र में करोड़ों रूपए की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कृषक समुदाय को हर सम्भव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का अढ़ाई वर्ष का कार्यकाल काम करते हए बीता है और इस यात्रा के दौरान उन्होंने प्रत्येक हिमाचली को अपने साथ चलते हुए देखा है

आज उन्होंने राज्य शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित दो दिवसीय वैबिनार में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति को व्यापक रूप से समझने और इसे लागू करने पर जोर दिया उन्होंने कहा कि हिमाचल नई शिक्षा नीति में सुझाए गए कुछ शैक्षिक सुधारों पर बेहतर काम कर सकता है

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि नई शिक्षा नीति को लेकर जल्द ही टॉस्क फोर्स गठित की जाएगी गोविंद ठाकुर ने कहा कि हिमाचल इस नीति को लागू करने में देश का अग्रणी राज्य बनेगा वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान आज केन्द्रीय कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र तोमर से मुलाकात की इस दौरान उन्होंने केन्द्रीय मंत्री के साथ हिमाचल प्रदेश की विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की वीरेन्द्र कंवर ने ऊना जिले में आलू व मक्की और सिरमौर में अदरक पर आधारित उद्योग लगाने के लिए केन्द्र से सहायता प्रदान करने का आग्रह किया उन्होंने प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज सहित अन्य सुविधाओं के विस्तार की मांग भी की वीरेन्द्र कंवर ने कृषि संबंधी आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और पशु चारे पर आधारित उद्योग लगाने के लिए भी केन्द्र से सहायता मांगी केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र तोमर ने वीरेन्द्र कंवर को केन्द्र की ओर से हर सम्भव सहायता का आश्वासन दिया

बिक्रम ठाक्र ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में न तो सैस की दर को बढ़ाया जाना चाहिए और न ही अन्य वस्तुओं पर सैस लगाना ही उचित है उन्होंने कहा कि वस्त व सेवा कर लागू होने के बाद प्रदेश की विवरणी दाखिल करने की अनुपालना राष्ट्रीय औसत से सदैव अधिक रही है उद्योग मंत्री ने इस दौरान प्रदेश में जीएसटी से संबंधित विभिन्न विषयों के बारे में भी विस्तृत चर्चा की भारद्वाज शहरी विकास व सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रदेश की प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी सभाओं के उत्थान के लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत बताई है वे आज शिमला में विभागीय गतिविधियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे भारद्वाज ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत नाबार्ड द्वारा कियान्वित की जाने वाली कृषि अधोसंरचना निधि व प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी सभाओं को बहसेवा केंद्रों में बदलने संबंधी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए प्रयास करने को भी कहा उन्होंने कहा कि कृषि अधोसंरचना निधि योजना के तहत सहकारी सभाओं को ऋण पर देय ब्याज में तीन प्रतिशत की राहत दी जाएगी और प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी सभाओं को बहसेवा केंद्रों में बदलने के लिए पात्र सहकारी सभाओं को केवल चार प्रतिशत की दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा

राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्लदीप राठौर ने प्रदेश सरकार पर विकास के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा आज पराला सब्जी मण्डी सहित शिलारू व मेंहदली में किए गए शिलान्यासों पर हैरानी जताते हुए कहा कि इन सब का निर्माण कार्य पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किया गया था ऐसे में इनका फिर से शिलान्यास करना लोकतंत्र की मर्यादाओं का हनन है

कुल्लू जिले में भारी वर्षा से नदी नालों का जलस्तर काफी बढ़ गया है आज सुबह गड़सा घाटी के ठेला में जोरदार वर्षा से गड़सा खड़ड में बाढ़ की स्थिति बनी हई है और इससे एक धार्मिक स्थल सहित दर्जनों पेड़ भी इसकी चपेट में आ गए जिला प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के समीप न जाने की अपील की है

त्रिलोक कपूर प्रदेश भाजपा महासचिव व वूल फैडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने पालमपुर नगर परिषद के विस्तारीकरण का मामला मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया है उन्होंने कहा कि पालमपुर प्रदेश की सबसे पुरानी नगर परिषदों में से एक है